चुनाव आयोग ने देश के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में सेना के जवानों की तस्वीरों को अपने विज्ञापन में नहीं देने की सलाह दी है आयोग ने कल नई दिल्ली में जारी विज्ञप्ति में कहा है कि उसने सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर कहा है कि सेना प्रमुख या किसी जवान की तस्वीर या सेना के किसी कार्यक्रम से जुडी तस्वीर का प्रयोग राजनैतिक दल या उनके उम्मीदवार किसी प्रचार और अभियान में न करें गौरतलब है कि विपक्ष ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी

इसके लिए फ्लैग मीटिंग भी नहीं हो पा रही है

इस पर करीब एक करोड रुपये खर्च होंगे कार्यक्रम में शहीदों की याद में कवि सम्मेलन वीरंजली का भी आयोजन किया जायेगा

समिति देश प्रदेश के प्रमुख गांधीवादी विचारक और चिंतकों से विचार विमर्श कर कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल पाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की उन्होंने कहा कि गांव की समस्या का समाधान गांव में हो इसके लिए सरकार काम कर रही है और यदि जरूरत पडी तो कानून भी बनाया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आते ही किसानों का ऋण माफ किया और गरीबों को एक रूपए किलो की दर पर गेहूं उपलब्ध कराने की पहल की

उन्होंने कहा कि जोधपुर जिले को पेयजल आपूर्ति करने वाली राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का काम जल्दी दोबारा शुरू किया जायेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

इसके लिये चिकित्सा विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन किया है द्र्गम क्षेत्रों में पोलियोरोधी खुराक पिलाने के लिये विशेष बंदोबस्त किये गये है अभियान के पहले दिन आज विभिन्न ब्रथों पर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है

उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक महीने तक आरोपियों की निगरानी की तथा जयपुर मुंबई दिल्ली और इंदौर में एक साथ कार्यवाही कर इन युवकों को गिरफतार किया